आज नई दिल्ली में पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने देश में खाद्य पदार्थों की बरबादी रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जनता की भागीदारी से संतुलित आहार के संदेश के प्रचार प्रसार के भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की डॉ हर्षवर्धन ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जिसमें गांधी जी को साइकिल पर सवार दिखाया गया है यह प्रतिमा स्वच्छ भारत यात्रा का प्रतीक है

इसी कम में नागौर जिले के लाडनूं के सुनारी में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने शिविर में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और कोडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी और इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग से राशि भेजने की सुविधा के बारे में भी बताया बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने किसानों को फसल बीमा ऋण भुगतान की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी

श्री पायलट आज जयपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी श्री पायलट ने कहा कि जल की बचत संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्षा जल संरक्षण के कार्यों की योजना तैयार करें उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत भी वाटर हार्वेस्टिगं के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करवा कर जल संरक्षण की संभावनायें तलाशी जाएं राज्य का पहला मैंगो फेस्टिवल आज से बांसवाड़ा में शुरू हुआ

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज आठवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

आठवी बोर्ड परीक्षा में भी ज्यादातर जिलों में बालिकाओं ने ही बाजी मारी है

इस दल ने ग्रामीणों से रूबरू होकर पेयजल की गुणवत्ता को जांचा जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ओ पी व्यास ने बेताया कि बाडमेर के कई इलाको में भूल की गुणवत्ता काफी खराब है ऐसे में विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इसी कम में जापान के जायका प्रोजेक्ट के दल ने क्षेत्र में पानी की स्थिति के बारे में जानकारी ली

ये परीक्षा बीकानेर के साथ साथ जयपुर शहर के निर्धारित केन्द्रों पर ली जाएगी

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है दोनों आरोपियों को पकड लिया गया है

आमतौर पर मानसून एक जून को केरल पहुंचता है एक जून को ही यह असम के दक्षिणी हिस्से में भी प्रवेश करता है इस साल मानसून के आगमन में देरी हुई है

ै इस बीच पूरे राज्य में झुलसाने वाली गर्मी के दौर से जनजीवन पर व्यापक ैअसर पड़ा है

नागौरे में भी गर्मी के तेवर तेज रहे